मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री ने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया

प्रधानमंत्री ने गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय को भी राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान का दर्जा दिया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है

श्री मोदी ने कहा कि आज देश में सस्ते और प्रभावी ईलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर वेलनैस को ज्यादा फोकस किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे बुनियादी सोच यह है कि आयुर्वेदिक शिक्षा के अंतर्गत ऐलोपैथी के तौर तरीकों का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए एनआईए को डीम्ड विश्वविद्यालय बनाए जाने पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब ये संस्थान अपनी जरूरत के अनुसार पाठयक्रम तैयार कर सकेगा और बेहतर शोध कार्य हो सकेंगे श्री गहलोत ने राजस्थान को राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत विशेष दर्जा देने की भी मांग रखी चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद चिकित्सा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है जोधपुर में शुरू किये गये आयुर्वेद विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रह हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जे वाले जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आयुर्वेदिक चिकित्सा के शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान और रोगियों की देखभाल के और भी ऊंचे मानदंड कायम होंगे इससे आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का वैज्ञानिक तरीके से विकास हो सकेगा

वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या दो लाख से ऊपर हो गई है जयपुर जोधपुर बीकानेर अलवर और अजमेर कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट बने हुए हैं

राज्य सरकार ने प्रदूषण के कारण कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका जताई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से पटाखे नहीं चलाने की अपील की है

भ्रष्टाचार ॅनिरोधक ब्यूरो ने आज कार्यवाही करते हुए चिड़ावा नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार चौधरी को तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है ब्यूरो के अनुसार ये राशि दो भू खण्डों के पट्टे जारी करने की ऐवज में मांगी गयी थी वहीं ड्रंगरपुर में परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक उड़न दस्ते के गार्ड और दलाल को करीब पौने तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है जिले के रतनपुर पोस्ट में अवैध वसूली की शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने ये कार्यवाही की है

प्रदेश के युवाओं के हित को देखते हुए इसे शीघ्र जारी किया जाए

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है

धन्वंतरि जयंती के अवसर पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम हुए इस मौके पर सवाईमाधोपुर में गोष्ठी का आयोजन किया गया बूंदी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में काढ़ा वितरित किया गया राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं बधाई दी हैं राज्यपाल ने धनतेरस रूप चतुर्दर्शी दीपावली गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव और भाई दूज की मंगल कामनाएं देते हए प्रदेशवासियों के खूशहाल जीवन की कामना की है वहीं श्री मिश्र ने कोविड के विकट समय में आमजन से पटाखों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की है नवीनता आरोग्य शांति समृद्धि का पर्व धनतेरस प्रदेशभर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है लोग मिठाइयां पूजन सामग्री इलेक्ट्रोनिक्स और अन्य उत्पादों की खरीददारी की जा रही है चूरू टोंक भरतपुर अलवर और जैसलमेर से भी हमारे संवाददाताओं ने बाजारों में रौनक होने के समाचार दिये हैं फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कमल कंदोई ने बताया कि समी क्षेत्रों के कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है सबसे अधिक भीड़ वाहन आभूषणों और बर्तनों की खरीददारी के लिए देखी जा रही है

कुछ स्थानों पर सुबह और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं